उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके में कल की हिंसा के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस घटना में एक पुलिस इंसपेक्टर और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था लखनऊ में कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया पुलिस ने दर्ज कराया है मुकदमा वहां के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया है

मुख्य आरोपी योगेश राज अभी फरार है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है

खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर ने आज स्याना का दौरा किया इलाके में स्थिति नियंत्रण में है

श्री योगी ने दिवंगत इंस्पेक्टर के आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन तथा परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है

उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी हिंसा की घटना की जांच के लिए मेरठ रेंज के महानिरीक्षक की निगरानी में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है

उन्होंने विपक्ष के प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण में हैं और आकस्मिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो रही है

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तेज गति से हो रही है राजस्थान के झालरापाटन में चुनाव रैली में श्री सिंह ने कहा कि पूरे विश्व का मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व के तीन शीर्ष देशों अमरीका रूस और चीन में से किसी की जगह ले लेगा

उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेज गति से वृद्धि हो रही है आज नौसेना दिवस है

इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिय कमल संदेश पद यात्राएं निकाली जा रही है यात्राओं का क्रम पन्द्रह दिसम्बर तक जारी रहेगा आज मेरठ के सिवाल खास विधानसभा में केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने स्थानीय विधायक जितेन्द्र सतवाई के साथ क्षेत्र में घूम कर लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान कल्याण योजना कर्ज माफी सौभाग्य योजना उज्ज्वला योजना स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेने का अनुरोध किया

राजधानी लखनऊ में गुरूवार छह दिसम्बर से आठ दिसम्बर तक खादी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान खादी के प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग को लेकर कई आयोजन किये जायेंगे इसके अलावा एक फैशन पत्रिका के सहयोग से खादी फैशन शो भी आयोजित किया जायेगा जिसमें कई नामी गिरामी मॉडल हिस्सा लेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इस दौरान प्रदेश में निर्मित खादी की राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के उद्देश्य से य्पी खादी ब्रांड का लोगो भी जारी किया जायेगा उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सोलर चर्खो और दोना पत्तल बनाने वाली मशोनों का भी वितरण किया जायेगा तथा खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार पर चर्चा होगी इस सहगल ने बताया मूल मकसद यह है कि प्रदेश में अच्छी खादी का उत्पादन कैसे बढ़े और खादी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे पैदा हो और इसके साथ साथ ग्रामोद्योग को कैसे बढ़ाया जाये कैसे बढ़ावा दिया जाये उस ग्रामोद्योग के माध्यम से सरल एकोनमिक जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें हम कैसे इजाफा कर सके इम्प्रवमेंट कर सके और रोजगार को बेहतर अवसर पैदा कर सके तो एक पोलिस्टिक प्रोग्राम है हम लाभार्थियों को जो हमारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करायेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसमें जैसे हमारी ऋण की योजनाएं है जो बैंक के माध्यम से हम लोग ऋण दिलाते है जिसमें उनका नाम रहता है सब्सिडी रहती है तो ऋण का वितरण होगा

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गॉबा ने कहा है कि केन्द्र सरकार एक ऐसी सरल वीजा प्रणाली स्थापित करना चाहती है जिससे विदेशी पर्यटकों को भारत आने और ठहरने में कोई परेशानी न हो आज नई दिल्ली में इस संबंध में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गॉबा ने वीजा प्रणाली को उदार बनाने के लिये उठाये गये विभिन्न उपायों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि ई वीजा की सुविधा अब एक सौ छाछठ देशों के लिये उपलब्ध है विदेशी सैलानी अब व्यापार पर्यटन स्वास्थ्य से संबंधित यात्रा के लिये बहत्तर घंटे के भीतर ऑन लाइन वीजा प्राप्त कर सकते हैं गांव में स्थित शाखा डाकघर भी अब हाईटेक और डिजिटल बनाये जायेंगे दर्पण प्रोजेक्ट के तहत अब इन डाकघरों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जायेगा

श्री यादव ने कहा कि डाक विभाग का उददेश्य समावेशी विकास के तहत शहरों के साथ सुदूर ग्रामीण अंचल में भी लोगों को सभी सेवाएं प्रदान करना है तकनीकी विकास के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा डाकघरों की विभिन्न कार्यो के लिये प्रधान डाकघर और उप डाकघरों पर निर्भरता समाप्त हो जायेगी